लॉकडाउन अत्यधिक संक्रमण के क्षेत्रों तक ही सीमित किया गया

रांची पटना जनशताब्दी ट्रेन भी इसमें शामिल

इसके अंतर्गत देश भर में अधिकतर गतिविधियां चरणबद्द तरीके से फिर शुरू हो जाएंगी केंद्र ने शनिवार को पूर्णबंदी शिथिल करने के दिशा निर्देश जारी किए जिसमें लॉकडाउन को अत्यधिक संक्रमण के क्षेत्रों तक ही सीमित किया गया है सरकार ने राज्यों के बीच वस्तुओं और व्यक्तियों की निर्बाध आवाजाही की भी अनुमति दे दी है

इधर राज्य सरकार प्रदेष की स्थिति का आकलन कर रही है जिसके अनुसार केन्द्र की गाइडलाइन्स को देखते हुए छूट को लेकर निर्णय लिया जाएगा रांची स्पेषल स्टोरी रांची के हिन्दपीढ़ी को कंटेनमेंट क्षेत्र से मुक्त करने के संबंध में कल रांची जिले के उपायुक्त राय महिमापत रे की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई इसमें सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक हिन्दपीढ़ी के सभी क्षेत्रों को कॉन्टेनेमेंट क्षेत्र से मुक्त करने का फैसला किया गया

अपील गिरिडीह जिले में उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने प्रवासी मजदूरों से जॉब कार्ड के लिए आवेदन करने की अपील की है उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए चलायी जा रही मनरेगा योजना की स्थलीय जाँच शुरू कर दी है इसी क्रम में श्री सिन्हा ने कल डुमरी प्रखंड के कई नक्सल प्रभावित गांवों का भ्रमण कर मजदूरों का हाल चाल जाना उन्होंने बताया कि जरूरतमंदों को रोजगार दिलाना सरकार की उच्च प्राथमिकता है सभी गांवो में मनरेगा से टीसीबी निर्माण मे निर्माण तालाब निर्माण का काम लिया गया है

तीनों मरीजों को सूखा राशन का पैकेट और फूल देकर अस्पताल से उनके घर के लिए रवाना किया गया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

इन रेलगाड़यिों में वातानुकूलित और सामान्य श्रेणी दोनों के लिए आरक्षित टिकट उपलब्ध होंगे सामान्य डिब्बों में भी बैठने वाली सीटें आरक्षित होंगी रेलगाड़ी में बिना आरक्षित टिकट के किसी भी कोच में यात्रा नहीं की जा सकेगी

केवल वे यात्री ही रेलगाड़ी पर चढ़ सकेंगे जो संक्रमण रहित होंगे रेलवे स्टेशन में उन यात्रियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी जिनके पास कन्फर्म और आरएसी टिकट होगा सभी यात्रियों के लिए रेलगाड़ी पर चढ़ते समय और यात्रा के दौरान मास्क लगाना जरूरी होगा उन्हें सुरक्षित दूरी बनाए रखने के नियमों का पालन भी करना होगा गंतव्य पर पहुंचने के बाद सभी यात्रियों को संबंधित राज्यों या केन्द्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य जांच प्रक्रिया से गुजरना होगा यात्रा के दौरान रेलगाड़ी के भीतर कंबल या पर्दे नहीं दिये जाएगें यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे यात्रा के लिए अपनी चादर खुद लेकर आएं शुरू हो रही नई रेलगाड़ियों के लिए टिकट आईआरसीटीसी की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिये बुंक किये जा रहे हैं इसके अलावा रेलवे की टिकट खिड़कियों सामान्य सेवा केन्द्रों या एजेंटो के जरिये भी टिकट खरीदी जा सकती हैं विशेष रेलगाड़यिों के लिए तत्काल या प्रीमियम तत्काल टिकट बुक नहीं किए जा सकेंगे

इसमें रांची से पटना और पटना से रांची के बीच जन शताब्दी ट्रेन का परिचालन भी शुरू किया जा रहा है

इस ट्रेन के स्टेशन पर आने के बाद इसके यात्रियों को एक एक कर कोच से उतरने के बाद प्लेटफार्म पर बने चिह्न पर खड़ा होना होगा इसके बाद उनकी थर्मल स्केनिंग से जांच की जायेगी

इन कदमों की उच्च स्तरीय निगरानी में लगातार समीक्षा की जा रही है मन की बात प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोविड महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है लेकिन लोगों को अधिक सचेत और सतर्क रहना होगा आकाशवाणी से कल मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रमिक विशेष रेलगाडियों और विशेष रेलगाड़ियों सहित कई सेवाएं बहाल कर दी गई हैं उद्योग भी सामान्य स्थिति की ओर लौट रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लडाई देशवासियों के सामुहिक प्रयासों की परिचायक है कोरोना की मृत्युदर भारत में बहत कम है उन्होंने लोगों की सेवा भावना की सराहना करते हए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया

श्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि बीपीएल कार्ड धारी और अन्य गरीब लोगों के लिए यह मोक्ष वाहन निशुल्क सेवा देगा

उससे अधिक दूरी जाने पर नौ रूपये प्रति किलोमीटर उन्हें पैसे देने होंगे

मौसम राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में आज सुबह से प्री मानसून बारिष हो रही है

उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इस अवसर पर लोगों को बधाई दी है